कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बागेश्वर के एक दिनी भ्रमण पर पहंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के केस कम होने पर राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिये हैं भविष्य में केंद्र सरकार की गाईडलाइन के आधार पर स्कूल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा

प्रभारी मंत्री ने जिले में सभी विभागों दवारा जिला योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत धनराशि व्यय करने पर सभी अधिकारियों की तारीफ की उन्होंने मानसिक दिव्यांगों के शिविर में भी शिरकत की

इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्चच्छता सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य स्विधाओं पर जोर दिया जा रहा है

रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए सम्दाय की जागरुकता और इसकी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया था कोरोना प्रदेश कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देहराद्रन की सीमाओं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है पॉजिटिव मिल रहे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है

इससे पहले एक होटल में दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे

उधर रुद्रप्र में म्ख्य विकास अधिकारी हिमांश् ख्राना ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हए व्यापार मण्डल धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की उन्होंने सभी व्यापारियों समाजसेवियों और धार्मिक सगंठनों से अपने अपने स्तर से लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने की अपील की सीएम जनसमस्याएं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं वर्चअल रात्रि चौपाल इसी क्रम में आयोजित की जा रही हैं कोरोना नेगेटिव होने के बाद मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में लोगों से म्लाकात कर समस्याओं को सूना और उनके निपटारे के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच संवाद कायम किया जा रहा है सबका साथ और सबका विकास को ध्यान में रखते हए विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है केंद्रीय संयक्त सचिव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जगमोहन गुप्ता ने ग्राम पंचायत रानी पोखरी में चल रही सरकार की विकास योजनाओं का निरीक्षण किया उन्होंने ग्राम पंचायत में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली संय्क्त सचिव ने विकास कार्यों की सराहना करते हए कहा कि गांव का विकास तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि उपस्थित एक्टिव होंगे भाजपा स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं चाहें वो कृषि कानूनों के बारे में हो नागरिकता संशोधन कानुन के बारे में हो या श्रम कानुन के बारे में हो

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है

स्थापना दिवस प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है सेवा भाव के चलते ही भाजपा आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आयी है पार्टी म्ख्यालय में हए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थापना दिवस पर सबको बधाई दी उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों वाली पार्टी है जिसमें देश और संगठन पहले स्वयं बाद में इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी द्वष्यंत कुमार गौतम ने जनसंघ से लेकर भाजपा तक कार्यकाल की चर्चा की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उन्होंने कहा था अंधेरा छंटेगा सूरज उगेगा कमल खिलेगा उन्होंने कहा कि आज कमल प्रे देश में खिल रहा है हाईकोर्ट वनाग्नि नैनीताल हाइकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लग रही आग का खुद संज्ञान लेते हए प्रमुख वन संरक्षक को कल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं मामले की स्नवाई म्ख्य न्यायधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ह्ई अधिवक्ताओं ने कोर्ट को प्रदेश के जंगलों में लग रही आग के बारे में अवगत कराया अधिवक्ताओं ने कहा कि आग ब्झाने के लिए हेलीकाप्टर का उपयोग कर में खर्चा अधिक आता है इसके बजाय गांव स्तर पर कमेटियां गठित की जानी चाहिए कोर्ट ने यह भी कहा कि वनाग्नि के कारण कोरोना पीड़ितों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है इस बीच केंद्र सरकार दवारा वनाग्नि ब्झाने के लिए उपलब्ध कराया गया हेलीकॉप्टर वातावरण में फैली ध्ंध के कारण उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर हल्दवानी में है जिसके जरिए भीमताल से पानी भरकर जंगल की आग ब्झाने को ब्झाने की तैयारी की गई है

साथ ही तीन महीने के अंदर अग्नि स्रक्षा के सारे प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्अल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे टिम्मरसैंण यात्रा देश दुनिया के तीर्थ यात्री अब चमोली जिले की नीती घाटी में स्थित टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा कर सकेंगे

टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सड़क से डेढ़ किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होगी स्रक्षा के मद्देनजर टिम्मरसैंण जाने वाले यात्रियों को सुबह जाकर उसी दिन शाम तक वापस लौटना होगा